राज्य में रैपिड एंटीजन किट से शुरू हुई कोरोना संक्रमण की जांच आधे घंटे में मिल सकेगी रिपोर्ट कोडरमा के वाइल्ड लाइफ सैंक्व्अरी एरिया में अवैध खनन में शामिल बाईस लोगों पर मामला दर्ज तीन करोड रुपए की मशीनें भी जब्त राज्य सरकार ने बालू उठाव से ट्रैक्टर की बाध्यता हटाते हुए सभी प्रकार के वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति दी

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच हजार सात सौ सतहत्तर हो गई है जबकि दो हजार आठ सौ पैंतीस लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं अबतक दो जाख बाइस हजार सात सौ इक्यासी सैंपल की जांच हुई है बढ़ते संक्रमण के कारण रिकवरी रेट घटकर उनचास दषमलव सात प्रतिशत हो गई है राज्य में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो गई है सरकार ने चालीस हजार रैपिड किट खरीदे हैं इनमें से लगभग पंद्रह हजार की आपूर्ति हो गयी है फिलहाल राज्य के सोलह जिलों में इस किट से जांच आरंभ हो गई है

कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर राज्य सरकार ने चिन्ता जतायी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं कल प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात खोले जाने से आवागमन बढ़ने से संक्रमण के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है इस वजह से पहले की तुलना में ज्यादा मामले आ रहे हैं उन्होंने कल राज्य मंत्रिपरिषद की होने वाली बैठक में इस विषय पर निर्णय लेने के संकेत दिए हैं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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य सजा पुनरीक्षण की बैठक में इसपर सहमति बनी प्रोर्जेक्ट भवन में आयोजित बैठक में राज्य के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट कुल एक सौ सताईस बंदियों को कारामुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया इनमें से उनासी बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है इनमे रोंची से पचास हजारीबाग से ग्यारह पलामू से तीन जमशेदपुर से पांच और दुमका से दस बंदयिों को रिहा किया जायेगा चालीस बंदियों की रिहाई के प्रस्ताव को रदद एंव आठ प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कारामुक्त हो रहे वृद्ध बंदियों खासकर महिला बंदियों को विशेष ध्यान रखें

कोडरमा जिले में अवैध पत्थर खनन के विरुद्व खनन टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने देश में छोटेकारोबार की मदद के लिए एक नीति की आवश्यकता पर बल दिया है श्रीगडकरी ने पैन आई आई टी ग्लोबल ई कन्क्लेव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि मछुआरों फेरीवालोंसब्जी बेचने वालों और स्व सहायता समूहों समेत छोटे कारोबारियों की वित्तीयतकनीक और विपणन में मदद की जानी चाहिए

खान विभाग के सचिव के श्री निवासन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी मिलने के बाद इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है सभी उपायुक्तों को लिखे पत्र में खान सचिव ने अपने पुराने आदेश को वापस लेते हुए बालू की ढुलाई पहले की तरह सभी नियमानुकूल वाहनों से करने की अनुमति दी है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस फैसले पर कहा है कि छोटे वाहनों की बालू द्वलाई की व्यवस्था से बड़े निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे

राज्य सरकार ने कल सोलह भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया है इनमें पिछले दिनों कई जिलों से उपायुक्त पद से स्थानांतरित किए गए दस अधिकारियों को सचिवालय में पदस्थापित किया गया है इनमें नैन्सी सहाय राय महिमापत रे सहित कई अधिकारी शामिल हैं रांची के उपायुक्त रहे राय महिमापत रे को सूचना एवं प्रौद्योगिकी का निदेशक बनाया गया है रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौडा नेकहा है कि देशभर में उर्वरक की उपलब्यता सहज बनी हई है और राज्यों के पास पहले से ही पर्याप्त भंडार मौजूद है उन्होंने कहा कि अगर बुआई के मौसम के कारण कहीं से कोई अतिरिक्त मांग आती है तो आपूर्ति तेज की जाएगी और र्किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध करा दिया जाएगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खरीफ के मौसम के कारण देशभर मेंउर्वरक की मांग में इजाफा हो रहा है

मौसम विभाग ने धनबाद दुमका देवघर समेत कई जिलों में आज से तीन दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने वजपात की भी चेतावनी दी है राज्य में वजपात से तीन लोगों की मौत हो गई है पलामू में दो जबकि लातेहार जिले में एक की मौत वजपात से हो गई है साहिबगंज जिले में मुफस्सिल थाना और राजमहल थाना क्षेत्रों को मिलाकर रिवराईन थाना क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है

ऑक्सफोर्ड की वैक्सिन सफलता के करीब और तीन चरणों से गुजरेगी भारत बायोटेक की कोवैक्सिन इस शीर्षक को दैनिक अखबार प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जेगह दी है इसके साथ ही मुख्यमंत्री को फिर से ईमेल के जरिए मिली धमकी की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है जिन्दगी का टीका दमका ऑक्सफोर्ड के कोरोना वैक्सिन इन्सानों पर दूसरे ट्रायल की सफलता की खबर के साथ भारत में अब मरीज बढ़ने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने राज्य सरकार के केंद्रीय कारा से उनासी कैदी को रिहा करने के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार के कड़े निर्णय के संकेत को अपनी सुर्खियां बनायी हैं अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के संयुक्त अभ्यास को पहले पन्ने पर जगह दी है